और प्रदेश के पूर्वी तथा उत्तरी हिस्सों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई बाईट प्रधानमंत्री मैं नरेन्द्र दामोदार दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विक्षि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्वा और निष्ठा रखूंगा

मैं संघ को प्रधानमंत्री को रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्वापूर्वक और शुद्ध अंतरूकरण से निर्वाहण करूंगा चौबीस लोगों को कैबिनेट मंत्री नौ को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और चौबीस को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई मंत्रिपरिषद में जिन लोगों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई उनमें राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डीवी सदानन्द गौड़ा निर्मला सीतारामन रामविलास पासवान नरेन्द्र सिंह तोमर रविशंकर प्रसाद हरसिमरत कौर बादल थावर चन्द गहलोत डॉएसजयशंकर डॉ रमेश पोखरियाल निशंक अर्जुन मुंडा स्मृति ईरानी डॉ हर्षवर्धन प्रकाश जावड़ेकर पीयूष गोयल धर्मेन्द प्रधान मुख्तार अब्बास नकवी प्रहलाद जोशी महेन्द्र नाथ पांडेय अरविन्द सावंत गिरिराज सिंह और गजेन्द्र शेखावत शामिल हैं संतोष कुमार गंगवार राव इन्द्रजीत सिंह श्रीपद यसो नाईक डॉ जितेन्द्र सिंह किरेन रिजिजू प्रहलाद सिंह मुलायम सिंह पटेल आरके सिंह हरदीप सिंह पुरी मनसुख लाला मंडाविया को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई फग्गन सिंह कुलस्ते अश्वनी कुमार चौबे अर्जुन राम मेघवाल जनरल वीके सिंह कृष्णपाल गुर्जर दानवे रावसाहेब दादाराव जी किशन रेड्डी पुरुषोत्तम रूपाला रामदास आठवले साध्वी निरंजन ज्योति बाबुल सुप्रियो संजीव बालियान संजय श्यामराव धोत्रे अनुराग ठाकुर सुरेश अंगाडी नित्यानंद राय रतन लाल कटारिया वी मुरलीधरन रेनुका सिहं सरूता सोम प्रकाश रामेश्वर तेली प्रताप चन्द्र सारंगी कैलाश चौधरी और देबश्री चौधरी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष विदेशी राजदूत राज्यपाल मुख्यमंत्री विपक्षी नेता प्रमुख उद्योगपति फिल्मी सितारे और खिलाड़ी उपस्थित थे जिन मुख्यमंत्रियों ने समारोह में भाग लिया उनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के देवेन्द्र फडण्वीस और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल प्रमुख हैं विपक्ष की ओर से यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी नई मंत्रिपरिषद को युवा ऊर्जा और प्रशासनिक अनुभव का मिलाजुला स्वरूप बताया है श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि उन्होंने अपनी मंत्रपिरिषद में उच्चकोटि के सांसदों और ऐसे सदस्यों को शामिल किया है जिनका उल्लेखनीय व्यावसायिक जीवन रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर भारत की प्रगति के लिए काम करेंगे जनता दल यूनाईटेड कम हिस्सेदारी मिलने के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ है शपथ ग्रहण से ठीक पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि भाजपा मंत्रिमंडल में जदयू को केवल एक मंत्री पद देना चाहती थी और यह केवल प्रतीकात्मक भागीदारी होती उन्होंने कहा कि पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ हुयी बैठक में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया गया श्री कुमार ने यह भी कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और उनका दल पूरी तरह एनडीए के साथ है केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के छह सांसदों को जगह मिली है इनमें पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी से रामविलास पासवान को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलायी गयी आरा से भाजपा सांसद आर के सिंह को स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गयी जबकि बक्सर से सांसद अश्विनी कुमार चौबे को भी राज्यमंत्री के रूप में दोबारा मंत्रिमंडल शामिल किया गया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय को पहली बार राज्यमंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है नरेन्द्र मोदी के पिछले मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रहे राधामोहन सिंह और केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव को इस बार जगह नहीं मिली है प्रदेश के पूर्वी हिस्से के ऊपर बने चक्रवाती दवाब के कारण उत्तरी और पूर्वी बिहार में कई जगहों पर आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हयी है पूर्वी चंपारण के अलग अलग हिस्सों में आंधी बारिश के कारण हुयी दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गयी जिले के ढाका थाना क्षेत्र अंतर्गत बिसरहिया गांव में तीन बंजरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपूर और लमोनिया गांव में एक एक की मौत की खबर है वहीं पंद्रह अन्य घायल हैं कटिहार जिले के मुरारपुर पंचायत के गांधीघर बिंद टोली में झोपड़ी पर एक पेड़ गिर जाने से एक व्रद्ध की मौत हो गयी अररिया प्रर्णिया कटिहार किशनगंज सुपौल सहरसा मधेपुरा मुंगेर बांका बेगूसराय खगड़िया मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के कारण कच्चे घरों को काफी नुकसान हुआ है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कई जगहों पर पेड़ गिर जाने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुयी है भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर पेड़ गिर जाने से घंटों जाम की स्थिति बनी रही इधर मौसम विभाग ने कहा है कि कल से पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है आज पटना का अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान जताया गया है वहीं गया औरंगाबाद और राजगीर के आसापास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जतायी गयी है मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम आज जारी किया जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आंनद किशोर ने बताया कि दोपहर बाद साढ़े तीन बजे शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा परिणाम जारी करेंगे परीक्षा में एक लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुये थे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है मोदी ने सत्तावन को चुना तीस को छोड़ा दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है सबका साथ सबका विकास सबमें विश्वास प्रभात खबर ने जदयू के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है सरकार में सांकेतिक भागीदारी में दिलचस्पी नहीं एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं नीतीश दैनिक भास्कर लिखता है मोदी के सत्तावन मंत्री बिहार से छह जदयू शामिल नहीं राष्ट्रीय सहारा और आज ने भी शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है

और प्रदेश के पूर्वी तथा उत्तरी हिस्सों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश